राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियिम में आयोजित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजा रोहण किया

प्रदेश में बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग ने आज जोधपुर और पाली जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बरसात की संभावना जताई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराकर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों वीरों के बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं प्रधानमंत्री ने देश को सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र सेनाओं के सभी कर्मियों और कोरोना योद्वाओं को नमन किया

उन्होंने कहा कि यह मिशन देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में नई कांति लाएगा और सभी भारतीयों को स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेंगे श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के तीन वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं और वैज्ञानिकों की स्वीकृति मिलने के बाद इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को जल्दी कोरोना वायरस का वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजना तैयार है श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में डेढ़ लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है और आने वाले एक हजार दिनों में देश के हर गांव को जोड़ा जाएगा

प्रधानमंत्री ने केन्द्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लेखा जोखा भी दिया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह मुख्यमंत्री निवास े पर झण्डारोहण किया इसके बाद श्री गहलोत बड़ी चौपड़ पहुंचे और राष्ट्रीय ध्वज फहराया इस दौरान उन्होंने देश की आजादी में कांग्रेस के अहम योगदान की बात कही राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है उन्होंने कहा कि यहां घर घर में सैनिक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने ध्वजा रोहण किया इस दौरान संभाग और जिला मुख्यालयों पर कोविड महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए समारोह आयोजित किए जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि उच्च जनसंख्या घनत्व के साथ विस्तृत और विविध राष्ट्र के लिए कोरोना वायरस का प्रबंधन करने और उसका फैलाव रोकने के लिए व्यापक मानव प्रयास अपेक्षित थे उन्होंने अपने संबोधन में उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद किया जिन्होंने देश के लोगों को स्वतंत्र राष्ट्र में रहने का अवसर प्रदान किया

देशभर में आयोजित किया जाने वाला यह अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम है खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कल इसकी शुरूआत की यह दौड़ दो अक्टूबर तक चलेगी

अब तक हमें बहत सारे श्रोताओं के संदेश मिले हैं

राजधानी जयपुर में इसके चलते कई इलाकों में पानी जमा होने से जन जीवन प्रभावित हुआ है बारिश के दौरान पुलिस की एसडीआरएफ टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य किये ढेहर का बालाजी रेलवे स्टेशन के सरकारी क्वाटर्स में भरे आठ दस फुट पानी से तीस लोगों को बाहर निकाला गया

मौसम विभाग ने जोधपुर और पाली जिलों के कुछ स्थानों पर आज भारी बरसात और नागौर अजमेर टोंक तथा धौलपुर के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की चेतावनी जारी की है